केन्द्र सरकार ने राज्यों से कोरोना टीकाकरण की गति तेज करने को कहा छत्तीसगढ़ में अब तक करीब एक लाख अड़सठ हजार लोगों को लगाई गई कोविड वैक्सीन कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित विभिन्न फसलों की बारह नई किस्मों को केन्द्र सरकार ने दी मंजूरी उत्तर भारत से आ रही हवाओं के कारण प्रदेश में एक बार फिर ठंड बढ़ने के आसार

यह घोषणा केंद्रीय नागरिक उड्डयन शहरी आवास और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज रायपुर में संवाददाताओं से चर्चा करते हुए की उन्होंने कहा कि बिलासपुर से हवाई सेवा के लिए जिस रूट की योजना की बनाई गई है उसके अनुसार यहां एलायन्स एयर नई दिल्ली प्रयागराज जबलपुर भोपाल और बिलासपुर के लिए अपनी हवाई सेवा संचालित करेगी केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में कोन्द्र सरकार की कोशिश होगी कि बिलासपुर से नई दिल्ली जैसे महानगरों के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू की जाए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार की उड़ान योजना के तहत फिलहाल देश के छप्पन शहरों को जोड़ा गया है इसे बढ़ाकर अब सौ शहरों को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि हवाई सेवा का लाभ आम आदमी भी उठा सके बीते एक फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए आम बजट को देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत अच्छा बताते हुए श्री पुरी ने कहा कि कोरोना संकट के मद्देनजर यह बजट देश को आर्थिक संकट की स्थिति से निकालकर तेज आर्थिक विकास की ओर ले जाने वाला है उन्होंने कहा कि विभिन्न रेल परियोजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ को तीन हजार छह सौ पचास करोड़ रूपये दिए गए हैं यह राशि यूपीए सरकार के समय वर्ष दो हजार चौदह में दी गई राशि से एक सौ चौहत्तर प्रतिशत अधिक है प्रधानमंत्री असम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश के जिन राज्यों में स्कूली शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं हैं वे चाहते हैं कि वहां कम से कम एक एक मेडिकल कॉलेज स्थापित हों श्री मोदी आज असम के शोणितपुर जिले में असम माला कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जनसभा को संबोधित कर रहे थे इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में सड़कों के बुनियादी ढांचे का विकास करके सड़क संपर्क बढ़ाना और राज्य की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करना है

राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ चर्चा के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि प्रत्येक सत्र में टीके लेने वालों की औसत संख्या बढ़ाई जानी चाहिए श्री भूषण ने राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से कहा कि वे टीकाकरण की दैनिक गति का विश्लेषण करें और इस गति को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाएं राज्यों को सलाह दी गई है कि वे को विन प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत सभी लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करें राज्यों को यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनीति तैयार करने और यथासंभव अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों में भी टीकाकरण सत्र आयोजित करने को कहा गया है इस बीच छत्तीसगढ़ में कल तक करीब एक लाख अड़सठ हजार लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है प्रदेश में पहले चरण में दो लाख सड़सठ हजार लोगों का टीकाकरण किया जाना है राज्य में बीते कुछ दिनों से फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी टीकाकरण शुरू हो गया है इसमें पुलिस प्रशासन और निगमकर्मी शामिल हैं प्रदेश में कल कई जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधिकारियों ने कोरोना टीका लगवाया इस दौरान सभी कलेक्टरों ने कहा कि कोरोना टीका सुरक्षित है और बिना डरे अपने तथा परिवार की सुरक्षा के लिए इसे अपनी बारी आने पर लगवाना चाहिए

दूसरे चरण में जिन लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा उनका पंजीयन किया जा रहा है दूसरे चरण में कोटवार पुलिस जवान और नगरीय निकाय के कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा गौरतलब है कि पहले चरण में जिले के पचास प्राथमिक और तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अब तक चार हजार से अधिक कोरोना योद्वाओं को टीका लगाया जा चुका है इस बीच कल छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित दो सौ साठ नये मामले मिले इसे मिलाकर प्रदेश में अब तक तीन लाख सात हजार से अधिक कोविड पॉजीटिव लोग मिल चुके हैं वहीं अब तक दो लाख निन्यानवे हजार से अधिक लोग इलाज के बाद स्वस्थ भी हो चुके हैं राज्य में वर्तमान में कोरोना संक्रमित कुल चार हजार तीन सौ बीस लोगों का विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना योद्वाओं को प्रतीक चिन्ह प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना योद्दाओं की सेवा और समर्पण से कोरोना वायरस को रोकने में काफी मदद मिली है उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकरण की शुरूआत हो चुकी है लेकिन इसके बाद भी लोगों को संक्रमण के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी है

उन्होंने कहा कि युवाओं के हाथों में ही देश की उन्नति की बागडोर होती है आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा चेतना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने युवाओं को अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में लगाने का आव्हान किया राज्यपाल ने कहा कि युवा न केवल सामाजिक बुराइयों और देश की कमजोरियों के प्रति सचेत तथा जागरूक बनें बल्कि अपनी शक्ति और परिश्रम से देश को नई दिशा दें इस अवसर पर राज्यपाल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को सम्मानित भी किया फसल नवीन किस्म रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित विभिन्न फसलों की बारह नवीन किस्मों को केंद्रीय बीज उप समिति ने व्यावसायिक खेती और गुणवत्ता बीज उत्पादन के लिए मंजूरी दे दी है इसमें चावल की तीन गेहूं की दो चने की एक सोयाबीन की तीन कुसुम की एक और अलसी की दो नवीन किस्मों को मंजूरी मिली है गौरतलब है कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित विभिन्न फसलों की नवीन किस्में विशिष्ट गुणधर्मों और विशेषताओं से परिपूर्ण है महिला आयोग सुनवाई राज्य महिला आयोग ने आज रायपुर में विभिन्न जिलों की महिलाओं द्वारा दिए गए आवेदनों पर सुनवाई की इस दौरान शारीरिक शोषण मानसिक और दहेज प्रताड़ना तथा संपत्ति विवाद से संबंधित मामलों पर सुनवाई की गई आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने भिलाई महिला महाविद्यालय के सात सहायक प्राध्यापकों को समय से पहले सेवानिवृत्त करने के मामले में दुर्ग कलेक्टर को जांच करने और महाविद्यालय का संचालन अपने क्षेत्राधिकार में लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए वरिष्ठ नागरिक सम्मान अभियान वरिष्ठ नागरिकों को शासन की योजनाओं और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दुर्ग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सम्मान अभियान शुरू किया गया है इसका शुभारंभ जिला और सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने किया इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल शर्मा ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानपूर्वक व्यवहार और निःशुल्क चिकित्सा के साथ शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरूआत की गई है उन्होंने बताया कि अभियान के जरिये बुजुर्गो के पारिवारिक विवादों को भी सुलझाने का प्रयास किया जाएगा चर्मरोग निदान शिविर दुर्ग जिले में राष्ट्रीय कृष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत इन दिनों घनी बस्तियों में चर्मरोग निदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है इस सिलसिले में उरला संगम चौक और कंडरापारा में शिविर आयोजित कर करीब सौ से अधिक लोगों की जांच की गई इस दौरान तीन कुष्ठ रोगियों की पहचान कर उन्हें एमबीटी की दवाई खिलाई गई जिला कृष्ठ अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला ने लोगों से अपील की है कि शरीर में किसी प्रकार के दाग धब्बे खुजली और सून्नपन का अहसास होने पर तुरंत नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र जाकर जांच और इलाज कराएं गौरतलब है कि चर्मरोग निदान शिविर तेरह फरवरी तक आयोजित किया जाएगा माओवादी स्पाइक होल सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा लगाए गए उनतालीस स्पाइक होल बरामद किए हैं मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का दल पोलमपल्ली थाना क्षेत्र में तलाशी अभियान पर निकला था इस दौरान पालामड़गू के पास सुरक्षा बलों ने उनतालीस स्पाइक होल बरामद किए हाथी उत्पात महासमुंद जिले के सिरपुर क्षेत्र में इन दिनों दंतैल हाथियों का उत्पात जारी है आज सुबह पीढ़ी गांव में हाथियों ने एक किसान के घर में रखे साठ बोरा धान को नष्ट कर दिया यह दल लहंगर धान उपार्जन केन्द्र भी पहुंच गया है जहां वन विभाग के कर्मचारियों और ग्रामीणों द्वारा हाथियों को भगाने का प्रयास किया जा रहा है गौरतलब है कि दो दिन पहले ही तीन हाथियों के दल ने एक किसान के खलिहान में घुसकर धान की फसल को नुकसान पहुंचाया था हादसा राजधानी रायपुर में कैमिकल टैंकर की सफाई के दौरान गैस की चपेट में आने की वजह से दो ग्रामीणों की मौत हो गई वहीं एक अन्य की हालत गंभीर है जबकि चालक और परिचालक की हालत सामान्य बताई जाती है मिली जानकारी के अनुसार धरसींवा थाना क्षेत्र के छोकरा नाला के पास कैमिकल टैंकर को तीन ग्रामीणों द्वारा साफ किया जा रहा है इस दौरान कैमिकल से निकली गैस की चपेट में आने से तीनों युवक बेहोश हो गए इसके बाद उन्हें उपचार के लिए मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां बीती रात दो युवकों की मौत हो गई वहीं तीसरे युवक की हालत गंभीर बनी हुई है

इस पुस्तकालय में तीन हजार से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं इनमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर सिविल सेवा परीक्षा तक की पुस्तकें शामिल हैं मौसम प्रदेश में आज से फिर हल्की ठंड बढ़ने के आसार हैं मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों के तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है इस दौरान मौसम शुष्क और आकाश साफ रहेगा संक्षिप्त समाचार राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित प्रज्ञागिरी पहाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया

केन्द्र सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत बिलासपुर और रायपुर की खेल अकादमियों में प्रवेश के लिए खिलाड़ियों का पंजीयन पंद्रह फरवरी तक किया जाएगा जांजगीर चांपा कलेक्टर यशवंत कुमार ने डभरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एनआरसी और कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया कांकेर जिले के चारामा इलाके में मोटरसाइकिलों के बीच हुई आपसी भिडंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई राजनादगांव जिले के छुईखदान क्षेत्र में पुलिस ने चोरी के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है

बेमेतरा जिले के देवरबीजा के पास तीस लाख रूपये कीमत का गुटखा लूट का मामला सामने आया है